एक लाख बारह हजार चार सौ पैंतालीस लोग ठीक हुए राज्य में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार

इससे दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर बाईस किलोमीटर हुई उच्चतम न्यायालय ने कोविड उन्नीस के मद्देनजर बिहार विधानसभा चूनाव टालने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया है न्यायालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस के कारण चूनाव स्थगित नहीं किए जा सकते याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी करें न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम है पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ कहना समय से पहले होगा क्योंकि आयोग ने इस संबंध में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है प्रदेश में विधान सभा चूनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं औरंगाबाद जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चूनाव अधिकारियों का आज से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ पूरे जिले को दो सौ ग्यारह सेक्टर में बांटा गया है बांका जिले में अधिकारियों को वीवीपैट ईवीएम के संचालन के साथ साथ मतदान केन्द्रवार नक्शा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके अलावा चूनाव आयोग द्वारा कोविड उन्नीस को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कटिहार जिले में अभियान चलाकर पचपन हजार नये महिला मतदाताओं और छह हजार प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं जिलाधिकारी कंवल तन्ज ने बताया है कि महिला मतदाताओं का प्रतिशत हर चुनाव में सत्तर प्रतिशत या इससे ज्यादा रहता है अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यालय के उमैराबाद उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है चार सितम्बर तक चुनाव कर्मियों का उन्मुखीकरण किया जायेगा रोहतास जिले में चुनाव को लेकर दो सौ असामाजिक तत्वों को जिलाबदर करने का निर्णय किया गया है खगड़िया शिवहर औरंगाबाद शेखपुरा सहित अन्य जिलों में आंगनबाड़ी आशाकार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली और मेंहदी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने देशभर में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है इस संबंध में दायर याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जुलूस के लिए सामान्य आदेश जारी करने से कोविड उन्नीस के फैलने का जोखिम है इधर कोविड उन्नीस के खतरे को देखते हुए विभिन्न जिला प्रशासनों ने बिहार में मुहर्रम का ज़ुलूस निकालने पर रोक लगा दी है जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक इसे लेकर लगातार शांति समिति की बैठक कर रहे हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग एक लाख इकतीस हजार हो गया है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार नौ सौ अंठानवे नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक पटना जिले से दो सौ छियानवे मामलों की पुष्टि हुई है वहीं भागलपुर से एक सौ इक्कीस मुजफ्फरपुर से छियासी पूर्वी चंपारण से चौरानवे और पूर्णिया से सतासी नये मामलों की पुष्टि हुई है सारण मुजफ्फरपुर कटिहार अररिया और किशनगंज जिले से अस्सी अस्सी से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है वहीं राज्य में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर लगभग छियासी प्रतिशत हो गयी है वर्तमान में बीस हजार चार सौ नवासी लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस महामारी से राज्य में अब तक छह सौ चौहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है पटना जिला प्रशासन की अनुमति के बाद जिले में सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल आज से खुल गये हैं मल्टी ब्रांड और बड़े शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मॉल संचालकों को सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई जैसी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने और रिकवरी रेट हासिल करने के लिए बिहार सरकार की तारीफ की है श्री सिंह बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर छिहत्तर दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है कोविड के मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग साढे तीन गुणा लोग ठीक हो चुके हैं वर्तमान में सात लाख बयालीस हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है जबकि कोरोना के पच्चीस लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में छप्पन हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं तमिलनाडु बिहार हरियाणा और गुजरात में ठीक होने वालों की दर अस्सी प्रतिशत से अधिक है वहीं तैंतीस लाख सतासी हजार से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि इकसठ हजार पांच सौ उनतीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड उन्नीस के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एम के सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अध्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट डॉ एम के सेन आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले कोसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सरायगढ़ असनपुर कुपहा नई रेललाइन पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिल गयी है इससे दरभंगा समस्तीपुर खगड़िया मानसी सहरसा होते हुए सुपौल जाना आसान हो जायेगा और दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर बाईस किलोमीटर रह जायेगी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने सेफ्टी ट्रायल के बाद यह अनुमति दी है गेज परिवर्तन के बाद तेरह किलोमीटर यह लंबी लाईन कोसी पुल से जुड़ी है और यह सरायगढ़ निर्मली रेल परियोजना का हिस्सा है उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा तीस सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह जुलाई के सर्कूलर को बरकरार रखा है शीर्ष न्यायालय ने कोविड उन्नीस महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हो गए हैं

योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था

प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग आठ करोड खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है

नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहल से एक बडा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोडों लोगों को लाभ पहुंचा है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि छह साल पहले उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाते नहीं थे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है गंगा नदी को छोड़कर राज्य की ज्यादातर नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है वहीं बाढ़ का पानी घटने के बाद जानमाल की क्षति का आकलन किया जा रहा है राज्य के बीस जिलों में बाढ़ से सात लाख पचास हजार से अधिक हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को तीस हजार पांच सौ रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा उन्होंने बताया कि मुआवजा उन किसानों को दिया जायेगा जिनकी तैंतीस प्रतिशत फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिलों में हुआ है इन जिलों में धान और मक्का की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ प्रभावित इलाकों में अगली फसलें लगाने के लिए मुफ्त बीज वितरित किये जायेंगे

केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर गंगा नदी का जलस्तर या तो स्थिर बना हुआ है या उसमें कमी देखी गयी है ब्रूढ़ी गंडक का जलस्तर भी सभी प्रमुख स्थानों पर कम हो गया है वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में लाल निशान से लगभग पचास सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी से दरभंगा समस्तीपूर और मूजफ्फरपूर में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है वहीं कोसी नदी महानंदा और परमान नदी का जलस्तर सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में खतरे के निशान से नीचे चला गया है प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है

श्री हरिवंश पीआईबी पटना द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम में बिहार झारखंड क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त विरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था में करदाताओं को व्यापक अधिकार दिये गये हैं जिससे कर निर्धारण में कोई भी गड़बड़ी होने पर वे आसानी से इसमें सुधार करा सकेंगे वेबिनार की अध्यक्षता पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसकेमालवीय ने की सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र में गणेशप्र बभनगांमा इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पांच लाख रूपये भरा थैला लेकर फरार हो गया इधर बेगूसराय जिले के तेघड़ा बाजार इलाके में एक आभूषण व्यवसायी की दुकान पर धावा बोलकर पचास लाख रूपये की ज्वेलरी लूट ली दो मोटरसाइकिल पर सवार छह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया कटिहार स्टेशन पर रेल पुलिस ने चौदह बाल मजदूरों को तस्करों के चंगूल से मुक्त कराया है सभी बच्चों को लालच देकर नई दिल्ली ले जाया जा रहा था

एक लाख बारह हजार चार सौ पैंतालीस लोग ठीक हुए राज्य में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार

इससे दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर बाईस किलोमीटर हुई